वहीं दूसरी ओर उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है

जबलपुर के मेडीकल कॉलेज में भर्ती एक व्यक्ति की आज कोरोना संकमण के कारण मौत हो गई

होशंगाबाद में एक बैंककर्मी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बैंक के सभी कर्मचारियों का सेंपल लिया गया

सिवनी जिले में अन्य राज्यों और जिलों से आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमण का एक भी मरीज नहीं है मंदसौर में बुदरी इलाके को दो माह बाद संकमण मुक्त घोषित किया गया है जिले में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है

लॉकडाउन छूट भोपाल जिले में आज से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिये खोल दिये गये हैं धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किये जाने के सख्त निर्देश दिये गये हैं मंदिरों में फूल प्रसाद लेकर जाने पर प्रतिबंध है मस्जिदों में भी आने वाले नमाजियों के लिये शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा चर्च और गुरूद्वारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर ही लोगों को प्रवेश मिल सकेगा भोपाल में आज से कोरोना संक्रमित क्षेत्रों के बाहर की लाइसेंस प्राप्त दुकानें भी खुल गई हैं इसके साथ ही बाजारों में आज आम दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ देखी गई लोग जरूरी सामान की खरीदारी करते नजर आए जिला कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने बताया कि रहवासी परिसर और बाजारों में रिथत दुकानें पांच दिन खुली रहेंगी शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी

खबरों में कहा गया था कि इस कथित अध्ययन के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण नवंबर में अपने शीर्ष पर होगा एक ट्वीट में परिषद ने कहा है कि यह समाचार पूरी तरह से भ्रामक और निराघार है मौसम मानसून प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से प्रदेश के सिवनी धार सहित अन्य जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है भोपाल में भी आज आसमान पर बादल छाये हुए हैं

आज और कल शहडोल जबलपुर होशंगाबाद इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों के अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है